इसलिए जब तक इसके लिए दवाई नहीं बन जाती तब तक हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है उन्होंने लोगों से मास्क पहनने और साबुन से निरंतर हाथ घोने को आदत बनाने का आग्रह किया

राज्यपाल ने पुलिस के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि कोविड महामारी के दौरान पुलिस कर्मियों ने उत्कृष्ट कार्य किया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी पुलिस स्मृति दिवस के अवसर पर राष्ट्र की सेवा में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले पुलिस कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित की अनुराग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर ने कहा है कि कृषि विधेयकों को लेकर कुछ लोग भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं उन्होंने कहा कि ये विधेयक किसानों के हित में है और इनके माध्यम से किसानों को देश की किसी भी मण्डी में अपनी फसल बेचने की आजादी मिली है यही नहीं किसान द्वारा ठेके पर जमीन देने के बावजूद जमीन का मालिकाना हक किसान का ही रहेगा

विक्रमादित्य कांग्रेस महासचिव व विधायक विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश सरकार के अढ़ाई साल के कार्यकाल को असफल करार दिया है

उन्होंने कहा कि वास्तव में सरकार अपने अब तक के कार्यकाल में एक भी काम नहीं कर पाई है रेलगाड़ी विश्व धरोहर शिमला कालका रेललाईन पर आज से फैस्टिवल ट्रेन का परिचालन आरम्म हो गया पहले दिन ये ट्रेन कालका से शिमला की ओर चली हालांकि ट्रेन चलने के पहले दिन लोगों का इसके प्रति उत्साह काफी फीका रहा इस दौरान आकाशवाणी से बातचीत में रेलवे के अधिकारियों ने उम्मीद जताई कि आने वाले दिनों में लोगों का इस ट्रेन के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और त्यौहारों को देखते हुए लोग इसमें सफर के लिए आगे आएंगे अध्यक्ष नियुक्त भाजपा के वरिष्ठ नेता रतन पाल सिंह को स्टेट कोऑपरेटिव डेवलपमेंट फैडरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसायटी ने उनकी नियूक्ति की अधिसूचना जारी की है इसके अलावा विनोद शर्मा रामगोपाल शर्मा हरिवल्लभ कौशल और सुरेन्द्र सिंह पांटा को फैंडरेशन को सदस्य नियुक्त किया गया है दुर्घटना कुल्लू जिला के बंजार उपमण्डल के ग्राहो नामक स्थान पर एक कार के गहरी खाई में गिरकर दर्घटनाग्रस्त हो जाने से दो यवकों की मौत हो गई जबकि एक महिला गम्मीर रूप से घायल हो गई मृतकों की पहचान पेड़चा गांव के बालकृष्ण और भीमसेन के रूप में हुई है घायल महिला को उपचार के लिए बंजार अस्पताल में भर्ती कराया गया है पैंशनर्ज हिमाचल प्रदेश पैंशनर्ज वैल्फेयर एसोसिएशन ने त्रिवार्षिक चुनाव प्रक्रिया स्थगित कर दी है एसोसिएशन के अध्यक्ष एचआर वशिष्ठ व महासचिव हरिचंद गुप्ता ने शिमला में कहा कि ये निर्णय कोरोना महामारी के दृष्टिगत लिए गए हैं उन्होंने कहा कि पैंशनर वरिष्ठ नागरिक हैं कोरोना प्रोटोकॉल के तहत वे इंघर उंघर नहीं जा सकते और न ही एक जगह एकत्रित हो सकते हैं